प्रदेश में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी रेस्पोंस टीमें की गई गठित

प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि सर्दी का बढ़ा असर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

बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधन करने के प्रति वचनबद्व है और दोनों पक्षों को सद्भावपूर्ण हल के लिए आगे आने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि बैठक में चार मुद्दों में से दो पर सहमति हो गई है श्री तोमर ने कहा कि पहला मुद्दा पर्यावरण से संबंधी अध्यादेश लाने और दूसरा मुद्दा बिजली अधिनियम से संबंधित था श्री तोमर ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कानून और कृषि उपज के लिए एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच अंतर का मुद्दा एक प्रस्तावित समिति को सौंपने की बात हुई थी

पूरे प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है और सभी संभागों में प्रशासनिक टीम भेजी जा रही है संभागों के अलावा जिले के उद्यानों पर भी नजर रखने की व्यवस्था की जा रही है प्रदेश में रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है जो आस पास के इलाकों में सर्विलांस कर रही है लोगों को सतर्क करने के लिए पंपलेट पोस्टर बनवाए गए हैं बर्ड फ़्लू के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कल अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि घटना को गंभीरता को देखते हये लगातार निगरानी की जा रही है श्री कटारिया ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है जिस पर त्वरित कार्यवाही दल की टीमें नियमित निगरानी कर रही हैं राज्य के प्रमुख शासन सचिव कुंजी लाल मीणा ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रो में जागरुकता और स्थिति पर नियंत्रण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उधर बर्ड फ्लू की आशंका के बाद भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में पशुपालन निदेशालय ने एक रेस्पॉन्स टीम भेजने का निर्णय किया है यह टीम आज भरतपुर पहुंचेगी संयुक्त निदेशक डॉ नगेश चौधरी ने बताया कि केवलादेव घना सहित जिले में कहीं भी बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की एक श्रंखला प्रकाशित है मंत्रालय ने कहा कि टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में इसके ट्रायल किए गए प्रारंभिक चरण में उच्चतर जोखिम वाले चुने हुए वरीयता समूहों को टीका लगाया जाएगा मंत्रालय ने कहा है कि कोविड का टीका स्वैच्छिक होगा

नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी ने कहा है कि सरकार द्वारा स्वीकृत वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है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

कृछ स्थानों पर ओले भी गिरे बूंदी जिले के झालीजी का बराना कस्बे सहित कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे किसानों की फसलों को नुकसान का अंदेशा है सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सहित कई स्थानों पर भी ओले गिरने के समाचार है इससे सर्दी का असर बढ़ गया है भरतपुर और करौली में भी कई क्षेत्रों में हल्की तो कहीं कहीं तेज बरसात हुई है अलवर जिले के अजबगढ़ में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई मौसम विभाग ने कहा है कि आर्ज बीकानेर संभाग के जिलों और जोधपुर जिले में घने कोहरे की संभावना है